प्रधानमंत्री ने कहा यह मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण कदम है

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

भारत खिलौना मेले का वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से उदघाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्थानीय खिलौने अपेक्षाकृत अधिक सस्ते और पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं से निर्मित हैं उन्होंने भारतीय खिलौना निर्माताओं से पर्यावरण और मस्तिष्क के अनुकूल खिलौने बनाने का अनुरोध किया साउंड बाईट रिस्क्यू रियूज रियूज और रिसाइक्लिंग जिस तरह भारतीय जीवन शैली का हिस्सा रहे हैं वहीं हमारे खिलौनों में दिखता है ज्यादातर भारतीय खिलौने प्राकृतिक और ईको फ्रेंडली चीजों से बनाते हैं उनमें इस्तेमाल होने वाले रंग भी प्राकृतिक और सुरक्षित होते हैं

वाराणसी के लकड़ी के खिलौने और गुडियां को देखिए राजस्थान के मिट्टी के खिलौने देखिए ऐसे ही पूर्वी मेदिनीपुर की गलर गुडियां कच्छ के कपड़ा डिंगला और डिंगली है आध्रप्रदेश के ईटोकोपक बोम्मोल और बुधनी के लकड़ी के खिलाने हैं श्री मोदी ने कहा कि किसी भी संस्कृति में जब खेल और खिलौने आस्था के केन्द्रों का हिस्सा बन जाए तो इसका अर्थ है कि वो समाज खेलों के विज्ञान को समझता है साउंड बाईट हमारे यहां खिलौने ऐसे बनाए जाते थे जो बच्चों के चहमुखी विकास में योगदान दें उनमें एलालिटीकल माइंड विकासित करें आज भी भारतीय खिलौने आधनिक फैंसी खिलौनों की तुलना में कहीं सरल और सस्ते होते हैं सामाजिक मौगोलिक परिवेश से जुडे भी होते हैं श्री मोदी ने कहा कि पहला खिलौना मेला व्यापारिक या आर्थिक गतिविधि नहीं है बल्कि देश के सदियों पूराने खेलों की संस्कृति को मजबूती प्रदान करने का आयोजन है

भारत के पास कॉनसेप्ट भी है और कॉनफिडेन्स भी है हम दुनिया को ईको फ्रेंडली टॉय्स की ओर वापस लेकर जा सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कम्प्यूटर गेम्स के जरिए भारत की कहानियों मारत की जो मूलमूत मूल्य हैं उन कथाओं को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं लेकिन इन सबके बॉवजूद सौ विलियन डॉलर के वैश्विक खिलौना बाजार में आज हमारी हिस्सेदारी बहत ही कम है

हमें खेल और खिलौनों के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है वॉकल फॉर लॉकल होना है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय खिलौने मनोरंजन के साथ जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों को आसानी से सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

वैसे ही गुलेल से खेलता बच्चा जाने अनजाने में पोटेशियल से कायनेटिक एनर्जी के बारे में बेसिक सीखने लगता है प्जल टॉय से राणनीतिक सोच और समस्या को सुलझाने के लिए सोच विकसित होती है श्री मोदी ने कहा कि खिलौने बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं इसलिए अभिभावक भी अपने बच्चों के साथ खेलने का समय जरूर निकालें साउंड बाईट अच्छे खिलौनों की ये खूबसूरती होती है कि वो ऐजलेस और टाइमलेस होते हैं आप भी जब बच्चों के साथ खेलने लगते हैं तो इन खिलौनों के जरिए अपने बचपने में चले जाते हैं इसलिए मैं सभी माता पिता से ये अपील करूंगा कि आप जिस तरह बच्चों के साथ पढाई में इनवोल्व होते हैं वैसी ही उनके खेलों में भी शामिल होइए श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है साउंड बाईट हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है प्ले आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा को बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें बच्चों में पहलियों और खेलों के माध्यम से तार्किक और रचनात्मक सोच बढ़े इस पर विशेष ध्यान दिया गया है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 यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की चौहत्तरवीं कड़ी होगी मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नटवर्क पर किया जायेगा यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा आकाशवाणी से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद दरभंगा केन्द्र से इसका प्रसारण मैथिली भाषा में किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जायेगा मैथिली में मन की बात कार्यक्रम का दोबारा प्रसारण रात आठ बजे से फिर से सुना जा सकेगा प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसए बोबड़े ने मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने के लिये न्यायपालिका में आर्टिफिशिएल इंटेलिजेंस के प्रयोग पर जोर दिया है आज पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इससे फैसला सुनाने के न्यायाधीशों के विवेकाधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि आर्टिफिशिएल इंटेलिजेंस सिस्टम के प्रयोग से मुकदमों से संबंधित दस्तावेज और प्रमाणिक सूचनाओं तक पहुंच में आसानी होगी

उन्होंने सोशल मीडिया को लेकर हाल में जारी किये गये निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब फर्जी समाचारों और सूचनाओं पर प्रभावी तरीके से रोक लग सकेगी श्री प्रसाद ने कहा कि सरकार प्रेस की स्वतंत्रता और लोगों के अधिकारों के प्रति वचनबद्ध है लेकिन देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है केन्द्र सरकार सोमवार एक मार्च से साठ वर्ष से अधिक आयू वाले लोगों तथा पैंतालीस वर्ष से ऊपर के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी टीकाकरण के इस चरण के लिए तैयारियां की जा रही हैं इसे लेकर बिहार समेत विभिन्न राज्यों में आज टीकाकरण अभियान के लिये ड्राई रन का आयोजन किया गया है तीसरे चरण में देश भर में दस हजार सरकारी अस्पतालों में कोविड का टीका मुफ्त में लगाया जायेगा वहीं बीस हजार निजी अस्पतालों में स्थापित टीकाकरण केन्द्रों पर सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि सोमवार से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण के अंतर्गत साठ साल या उससे अधिक के बूजूर्ग और पैंतालीस साल से अधिक के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को टीका लगाया जायेगा ऐसे लोग टीकाकरण के लिये कोविन टू प्वाइंट जीरो पोर्टल पर स्वयं ऑनलाईन निबंधन करा सकते हैं उन्होंने कहा कि चिन्हित स्थानों पर ऑन स्पॉट निबंधन कराने की भी व्यवस्था की गयी है निबंधन के लिये लाभार्थी के पास ओटीपी के लिये अपना मोबाईल नम्बर तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान पत्र होना अनिवार्य है श्री पांडेय ने कहा कि टीकाकरण की सेवा प्राप्त करने के लिये मांगे जाने पर लाभार्थियों द्वारा आधार कार्ड प्रस्तुत किया जाना भी आवश्यक होगा आकाशवाणी से बातचीत में पटना एम्स के हृदय रोग विभाग के प्रमुख और अस्पताल के कोविड मामलों के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि यह टीका कोरोना की आशंका वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा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

संत रविदास संत कबीरदास के समकालीन थे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संत रविदास को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है वहीं राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को रविदास जयंती की शुभकामना देते हुए लोगों से उनके बताये हुए रास्तों पर चलने की अपील की है उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने आज कहा कि खगड़िया में मक्का आधारित बायो डीजल उत्पादन के लिये इकाईयां लगायी जायेंगी श्री हुसैन ने कहा कि खगड़िया मेगा फूड पार्क को भी खाली किया जायेगा मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना प्रभारी ब्रजकिशोर यादव को शराब कारोबारियों के साथ सांठगांठ के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया वहीं बेग्सराय जिले के लोहिया नगर ओपी में पदस्थापित मुंशी रामलखन राम को शराब के नशे में हंगामा करने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है सीतामढ़ी में प्रुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़ के दौरान दारोगा दिनेश राम की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी अभिषेक सिंह और टुटु कुमार को गिरफ्तार किया है रोहतास जिले के पोखराहा गांव में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती समारोहपूर्वक मनायी गयी इस अवसर पर समाजसेवी बब्बन जी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे

प्रधानमंत्री ने कहा यह मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण कदम है